कल दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी ने कहा कि इस प्रणाली से ऐसे लाखों लोग लाभान्वित होंगे जो बेहतर नौकरी और अवसर की तलाश में दिल्ली आए हैं उन्होंने कहा कि कई राज्यों में लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं लेकिन आप सरकार के असहयोग के कारण दिल्ली में यह योजना लागू नहीं की जा सकी राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने पचमढ़ी में नर्मदापुरम् संभाग के अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराना सभी का सामाजिक उत्तरदायित्व है श्री टंडन ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहँचाने के लिये शिविरों का आयोजन कर अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान उज्जवला योजना एवं शिक्षा और जनजाति विकास के कार्यों की जानकारी ली उन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका उत्तरोत्तर विकास हो सके बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग की प्रगति की जानकारी दी गई गैर वनमूमि विस्तार प्रदेश में अब वन भूमि के बाहर पड़त भूमि निजी और शासकीय भूमि पर भी वनों का विस्तार किया जाना जरूरी है इंदौर जिला मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यशाला में प्रदेश के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ पीसी दुबे ने यह बात कही

मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या लगभग साढे सात करोड़ है

कार्यशाला में पेड़ कटाई नियम सरलीकरण पर्यावरण नदियों के सतत प्रवाह और कृषि वानिकी पर भी चर्चा की गई सम्मेलन रीवा में अध्यापक शिक्षक संवर्ग का सम्मेलन कल जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हआ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि अध्यापक भावी पीढ़ी के निर्माता है वे इस गुरूतर दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें ताकि बच्चे आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर सकें उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के सुधार के लिये स्मार्ट कक्षाएँ ई लायब्रेरी सहित अन्य संसाधन मुहैया कराये जा रहे हैं ताकि शासकीय विद्यालय प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे न रहें कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर चल रहे अलर्ट के बीच पिछले दिनों चीन से जबलपुर लौटे एक युवक को जिला चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है उसके खून का सेम्पल जाँच के लिए पूणे भेजा गया है

उधर उमरिया में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिला चिकित्सालय में हेल्पलाइन की स्थापना के साथ एक चिकित्सक को सलाह देने के लिए तैनात करने के निर्देश दिये हैं रतलाम में भी कल शाम कोरोना वायरस के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई वहीं बैतूल जिले में भी ऐहतियात बरता जा रहा है

शेष प्रश्न पत्र पूर्व में निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे

इसके लिए आज से इंदौर शहर में सर्वेक्षण किया जा रहा है

ये कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में भिखारियों से बात करके भिक्षावृत्ति का कारण पूछेंगे नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण में चिन्हित भिखारियों के लिए कुछ संस्थाओं ने भोजन उपलब्ध करवाने और रोजगार की व्यवस्था करने की बात कही हैं भिखारियों को पहले समझाइश दी जाएगी इसके बाद भी वे भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे तो उन पर सख्ती की जाएगी जनसुनवाई इन्दौर जिले में ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के पात्र हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है

जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

फाइनल में भारत का मुकाबला बंगलादेश और न्यूटजीलैंड के बीच सेमीफाइनल के विजेता से होगा